राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जनता दल यूनाईटेट के भाजपा में शामिल होने वाले विधायको में कलकतांग से विधायक दोरजी वांग्दी बोमडिला से विधायक दोंग् सियोंज् चायांगताजो से विधायक हायेंग मांगफी ताली से विधायक जिक्के ताको रुमगोंग से विधायक तालेम तोबोह और मारियांग गेकू से विधायक कागोंग ताकू शामिल है अब राज्य विधानसभा में जे डी यू के एक मात्र विधायक तेची कासो रह गए है इन सात विधायको के शामिल होने से राज्य विधानसभा में भाजपा के विधायको की संख्या बढ़कर अड़तालीस हो गई है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है एक किसान का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान योजना और फसलों में विविधता लाने के कार्यक्रम के तहत वह अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों से बाहर बेच सकता है और अपने परिवार के लिए अधिक आमदनी कमा सकता है

उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से एक लाख दस हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री ने कहा सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाएं हैं जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से डेढ़ गुना अधिक दाम दिलाया है

लोअर दिबांग वैली जिले के लाभार्थी गगन पेरिंग से बातचीत करते हए श्री मोदी ने अदरक की खेती और उसके विपणन के बारे में जानकारी ली श्री रेरिंग ने प्रधानमंत्री को बताया कि अदरक की खेती के समय ही उत्पाद के विपणन के लिए एक निजी कम्पनी के साथ पहले ही करार हो जाता है

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है प्रधानमंत्री द्वारा आज किसानो को डी बी टी के जरिए धन राशि जारी करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हए सभी गांवो को सड़क बिजली और पानी की स्विधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है

यह दिन स्शासन दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर उन्हे श्रद्धांस्मन अर्पित किए केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन पीयूष गोयल हरदीप सिंह प्री डॉक्टर हर्षवर्धन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी

इधर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जंयती के उपलक्ष्य में आज राजधानी ईटानगर में भी उन्हे भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई